प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्रीय बजट में किये गये प्रावधान से शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के सरकार के प्रयासों को विस्तार मिला है उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के बाद सबसे अधिक ध्यान शिक्षा कौशल अनुसंधान और नवाचार पर दिया गया है बाइट एज़केशन को एमप्लॉयब्लिटी और एंटरपेन्योंर कैपेबिलिटिस उससे जोड़ने का जो प्रयास किया गया है ये बजट उनको और विस्तार देता है इन्हीं प्रयोगों का परिणाम है कि आज साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में भारत टॉप थ्री देशों में आ चुका है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

बाइट साथियों आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के यूवाओं में आत्मविश्वास जरूरी है आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी एजुकेशन अपनी नॉलेज अपनी स्किल पर प्ररा भरोसा हो विश्वास हो आत्मविश्वास तभी आता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई उसे अपना काम करने का अवसर दे रहे हैं और जरूरी स्किल भी दे रहे हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है प्री नर्सरी से पीएचडी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर प्रावधान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले चार वर्षो में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है सरकार के अथक प्रयासों से राज्य की अर्थव्यवस्था इस दौरान दोगुनी से ज्यादा बढ़ी है मुख्यमंत्री आज विधानसभा में बजट पर चर्चा में बोल रहे थे

उन्होंने कहा कि निवेशान्मुखी नीतियां अपनाने के चलते राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है

अगर ईज ऑफ बिजनेंस में आपकी रैकिंग अच्छी नहीं है तो कोई भी बाहरी निवेश आपके यहां नहीं आयेगा और आज कहा है दूसरे नम्बर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समग्र विकास पर आधारित है जिसकी हर वर्ग ने प्रदेश ही नहीं देश स्तर पर सराहना की है बाइट मुझे लगता है हर एक तबके में अगर राजनीतिक प्रवाग्रह उनके साथ नहीं जुड़ा है वह अलग विषय है कि घर के अन्दर उन्होंने बजट की सराहना की होगी लेकिन सार्वजनिक रूप से जोड़ दिया जाये तो वाकई हर तबके ने माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट की यहां पर भूरि भूरि प्रशंसा हर एक तबके ने की है और प्रदेश ही नहीं देश स्तर पर हुई है हमारे पास सीआईआई से य अन्य उस फील्ड में काम करने वाले लोगों के जो वक्तव्य जो फोन आपसी बातचीत में उन्होंने अपने वक्तव्य दिये है हर एक ने उसकी सराहना की है उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य उद्योग कृषि सहित सभी क्षेत्रों में सरकार ने प्रयास किये हैं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविदं ने आज राष्ट्रीय राजधानी के आर आर अस्पताल में कोविड का पहला टीका लगवाया

राज्य भर में टीकाकरण के लिए लगभग दो करोड लाभार्थियों का चिन्हित किया गया है

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए समय सीमा को हटा दिया है और चौबीसों घंटे टीकाकरण की अनुमति दे दी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि अस्पतालों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे टीकाकरण के लिए एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करें

उन्होंने कहा कि इससे टीकाकरण अभियान को गति देने में मदद मिलेगी क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसके पात्र बन रहे हैं

केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना और इसी तरह की राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत पैनल में शामिल सभी निजी अस्पतालों को भी कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में अनुमति देने का फैसला किया है सभी निजी अस्पतालों की शत प्रतिशत क्षमता का उपयोग करने के लिए यह फैसला किया गया है आज विश्व वन्य जीव दिवस है यह दिन वन्य जीवों और पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है